उन्होंने मुलाकात के लिए आये बच्चों से सिर्फ नौकरी पाने के लक्ष्य के बजाय उद्यमिता द्रसरों को रोजगार देने वाला बनने और कुछ नया करने की सोच के साथ पढ़ाई करने का सुझाव दिया राजभवन आये तेरह जिलों के छह छह मेधावी छात्रों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें शिक्षा के साथ सही मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार के अलावा अपने गांव समाज राज्य और देश के लिए योगदान देने की भावना रखनी चाहिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के तेरह जिलों के लगभग एक सौ छात्र राजभवन राज्य विधानसभा राज्य सचिवालय जवाहरलाल स्टेट म्यूमियम ईटाफोर्ट और उच्च शिक्षण संस्थानों के भ्रमण पर है

इसके तहत शिक्षण सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह और दो हजार अटठारह उन्नीस के मेधावी छात्रों को लैपटॉप या स्मार्ट फोन वितरित किया गया

कल नई दिल्ली में राज्य के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श मे उन्होंने लक्ष्य प्ररा करने में केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र के पूरे समन्वय के बिना निर्धारित लक्ष्य प्ररे नहीं हो सकते इस अवसर पर प्रदेश के वित्तमंत्री चाऊना मेन ने प्रस्तावित केंद्रीय बजट में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरुप बजटीय प्रावधान करने की अनुरोध किया उन्होंने वित्तमंत्री से राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य और संचार व्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया श्री चाउना मैन ने राज्य के प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए छह हजार करोड़ रुपेय भारत चीन से लगे सीमांत गांवो में ब्रनियादी सेवाओं के विकास के लिए चार हजार छह सौ नब्बे करोड़ रुपये और होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरु करने के लिए छह सौ छियालीस करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए जाने का आग्रह किया

नाहरलगुन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे इस अवसर पर न्यायमूर्ति साइलो ने कहा कि क्रिमनल लॉ पर लिखी गई पुस्तक न सिर्फ अधिवकताओं के लिए बल्कि इस कानून के बारे में जानकारी की इच्छा रखने वालों के लिए भी उपयोगी है

कल योग दिवस के साथ साथ द्रनिया भर में विश्व संगीत दिवस मनाया गया ईटानगर में भी संगीत से जुड़े लोगों ने एक मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दी न्यीशी इलिट सोसायटी की ओर से कल जोलोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बार विधानसभा चुनावों में निर्वाचित न्यीशी जनजाति के विधायकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर न्यीशी जनजातीय जिलों में शिक्षा सड़क स्वास्थ्य शांति व्यवस्था सहित विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक नाबम तुकी गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित अनेक नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित थे

इस दौड़ में विभिन्न वर्गों के करीब पचास धावकों ने भाग लिया मैराथन दौड़ की श्रुआत करते हुए गालो वेलफेयर सोसायटी के महासचिव मार्कोनी पोतम ने ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न जनजातीय समूहों के धावको के भाग लेने की प्रशंसा की